प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण को अभिशाप के रूप में नहीं देखे जाने पर जोर दिया कहा समय पर लिए गये निर्णयों से महामारी के प्रकोप को कम करने में मदद मिली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ जंग में मेडिकल टीम की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया एनसीआर के जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की सम्प्रभूता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा हमारे लिये भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता इस बारे में कित्ती को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिये भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है कोरोना संघर्ष की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्चुअल बैठक के मौके पर कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की है ताकि आम राय बनाने में मदद मिले भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति की कामना की है लेकिन किसी भी उकसावे पर भारत करारा जवाब देने को भी तैयार है

प्रधानमंत्री और वर्च्यअल बैठक में शामिल समी मुख्यमंत्रियों ने शहीदों के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा सोमवार रात भारत चीन सीमा क्षेत्र में दोनों पक्षों में झड़प हुई थी इस झड़प में एक अधिकारी समेत भारत के कुल बीस सैनिक शहीद हुए थे राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी लद्दाख के गलवान एलएसी पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दी है राज्यपाल ने कहा कि भारतीय सैनिकों के बलिदान को सदैव याद रखा जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिये अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखा जायेगा उन्होंने मेरठ के निवासी सेना के हवलदार विपूल राय की शहादत को शत् शत् नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं लॉकडाउन से संबंधित तमाम अफवाहों को दूर करते हुए देश को अब राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण की योजना बनाने की आवश्यकता है कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और सुदृढ़ करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्च्अल बैठक के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह बात कही उन्होंने कहा कि राष्ट्र को लॉकडाउन समाप्ति के दूसरे चरण और लोगों को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को कम से कम करने के बारे में सोचने की जरूरत है उन्होंने फिर कहा कि सरकार द्वारा समय पर लिए गये निर्णयों से देश में कोविड नाइन्टीन महामारी के प्रकोप को कम करने में काफी हद तक मदद मिली है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में निजी सुरक्षा उपकरणों मास्क बीमारी का पता लगाने वाली किट वेंटिलेटर आदि के स्वदेश में निर्माण की क्षमता बढ़ाई गई है महामारी की परीक्षण की सुविधाओं का विकास किया गया है अस्पतालों में कोविड नाइन्टीन के इलाज के लिए बिस्तर बढ़ाए गये हैं और क्वारंटीन केन्द्र स्थापित किए गये हैं परीक्षण के जरिए कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए प्रशिक्षित चिकित्साकर्मी भी तैयार किए गये हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समय रहते तैयारियां सुनिश्चित कर लिए जाने से देश में रोगियों के स्वस्थ होने की दर काफी ऊंची है प्रधानमंत्री ने देशवासियों के अनुशासन के उच्च स्तर का जिक्र करते हुए कहा कि इसी की वजह से महामारी की बेहतर ढंग से रोकथाम संभव हो पाई है श्री मोदी ने इस बात पर भी बल दिया कि कोरोना संक्रमण को कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए महामारी की रोकथाम में परीक्षण और रोगी के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे और अधिक संख्या में परीक्षण केन्द्र बनाने के प्रयास करें प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप के कारगर इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि संक्रमित होने के भय और महामारी से जुड़े कलंक को लेकर लोगों को सतर्क रहना चाहिए उन्होंने कहा कि बीमारी से पीड़ित ज्यादातर लोग ठीक हुए हैं प्रधानमंत्री ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों का आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टेली मेडिसिन सुविधा के बुनियादी ढांचे का विकास करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और इसके आसपास के जिलों में कोविड प्रबंधन के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने का आग्रह किया है कल प्रधानमंत्री की विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि एनसीआर और उसके आसपास के जिलों के निवासियों के बीच लगातार आवागमन होता है और इसे ध्यान में रखते हुए संदिग्ध और बिना लक्षण वाले मरीजों की स्क्रीनिंग का इंतजाम किया जाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने अब तक पांच लाख कोरोना जांच की हैं और अभी सोलह हजार से अधिक मामलों का प्रतिदिन परीक्षण किया जा रहा है उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक चाँतीस लाख मजदूरों को एक एक हजार रुपये की सहायता राशि दी है म्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ जंग में मेडिकल टीम की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है उन्होंने स्वास्थ विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक समर्पित टीम के तौर पर कार्य करते हुए कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के सभी प्रयास सुनिश्चित करने को कहा है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में निरंतर सतर्कता बरती जाए मेरठ मंडल के लिए ठोस कार्य योजना बनाते हए अस्पतालों में बेड की संख्या दोगुनी की जाए उन्होंने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में साफ सफाई के बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बावन दशमलव सात नौ प्रतिशत हो गई है अब तक एक लाख छियासी हजार नौ सौ पैंतीस रोगी ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह हजार नौ सौ बाइस लोग ठीक हए क्ल एक लाख पचपन हजार दो सौ सत्ताइस मरीजों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के दस हजार नौ सौ चौहत्तर नए मामले सामने आने के बाद क्ल संक्रमित लोगों की संख्या तीन लाख चौवन हजार पैंसठ हो गई है पिछले चौबीस घंटों में इस वायरस से दो हजार तीन मरीजों की मृत्यु हुई है प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक नौ हजार दो सौ उन्तालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में राज्य के पचहत्तर जनपदों में कोरोना के पांच हजार चार सौ सतहत्तर सक्रिय मामले हैं राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर साठ दशमलव आठ पांच प्रतिशत है सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट दो हजार बीस के स्थगन से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सभी उम्मीदवारों अभिभावकों और आम लोगों को सुचित किया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा परीक्षा के स्थगन से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया है लोगों को किसी भी फर्जी खबर से सावधान रहने की सलाह दी गई है और केवल आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एनटीए डॉट एसी डॉट आईएन और एनटीए नीट डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर उपलब्ध सूचना पर विश्वास करने को कहा गया है इस वर्ष इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ होगी दूरदर्शन सुबह साढ़े छह बजे इसका प्रसारण करेगा इसके बाद नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान सुबह सात बजे से सात बजकर पैंतालीस मिनट तक योग क्रियाओं का कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा सुबह आठ बजे तक योग विशेषज्ञ के साथ चर्चा होगी इस वर्ष कोरोना के कारण मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें